पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

राज्य में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौवन हुई

गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान के पार पहुंचा राष्ट्रीय जनता दल के पांच विधान परिषद् सदस्य पार्टी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गये हैं विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इन पांचों पार्षदों को जदयू सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है गौरतलब है कि दिलीप राय राधा चरण साह संजय प्रसाद कमरे आलम और रणविजय सिंह काफी दिनों से राजद नेतृत्व से नाराज चल रहे थे इसके साथ ही विधान परिषद् में राजद सदस्यों की संख्या घटकर मात्र तीन रह गयी है वहीं परिषद् में जदयू के अब छब्बीस सदस्य हो गये हैं राष्ट्रीय जनता दल को आज एक और झटका लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सिंह इन दिनों कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाजरत है उन्होंने वहीं से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा राजद के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया है वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी रामाकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को राजद में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं इधर उनतीस जून को रामा सिंह का लोजपा छोड़कर राजद में शामिल होने का कार्यक्रम तय है गौरतलब है कि रामा सिंह को पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा ने वैशाली संसदीय क्षेत्र से टिकट नहीं दिया था भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राष्ट्रीय जनता दल में मचे राजनीतिक उठा पटक पर कहा है कि जल्द ही बडी संख्या में विधायक भी एनडीए में शामिल होंगे राजद ने बिहार विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील सिंह मुम्बई के जानेमाने व्यापारी फारूख शेख और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामबलि सिंह चंद्रवंशी के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगी है इधर खबर आ रही है कि जदयू ने भी अपने तीन उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं जिनकी औपचारिक घोषाणा की जानी है पार्टी ने गुलाम गौस कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी को विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौवन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग ने आज दो और लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है इधर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण के इक्यासी नये मामले सामने आये हैं जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या सात हजार नौ सौ चौहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक तीस नये मामले समस्तीपुर में सामने आये हैं बांका में नौ मामलों की पुष्टि हुई है वैशाली पटना तथा औरंगाबाद में पांच पांच लखीसराय मधुबनी सिवान और सुपौल में चार चार जबकि भागलपुर में तीन नये मामले सामने आये हैं जमुई और मधेपुरा में दो दो तथा भोजपुर दरभंगा जहानाबाद और सारण में एक एक मामले की पुष्टि हुई है इधर विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में अब तक छह हजार मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं वहीं राज्य में लगभग एक लाख सत्तर हजार नमूनों की जांच की गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में कुल चौदह हजार नौ सौ तैंतीस नये मामले आने के साथ कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर चार लाख चालीस हजार दो सौ पन्द्रह हो गई है वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने की दर छप्पन दशमलव तीन सात प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अड़तालीस हजार एक सौ नब्बे संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार नौ सौ चौरानवे रोगी स्वस्थ हुए वर्तमान में एक लाख अठहत्तर हजार चौदह लोगों का इलाज चल रहा है

ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात बिहार कर्नाटक और राजस्थान को दिये गये हैं

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार करोड़ रूपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं

कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने केन्द्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए जुलाई अगस्त और सितम्बर माह में भी मुफ्त खाद्यान्न के आवंटन का अनुरोध किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की गौरतलब है कि कोविड उन्नीस को देखते हुए कोन्द्र ने अप्रैल मई और जून माह के लिए इस योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न दिया था इसके तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पांच पांच किलो खाद्यान्न और एक एक किलो दाल दी जा रही है एम्स नई दिल्ली के डॉ राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड उन्नीस का संक्रमण उन लोगों में फैलता है जिनका कोई यात्रा इतिहास रहा हो या वे संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हों

अनलॉक के पहले चरण में नियमों के उल्लंघन के आरोप में राज्य में अब तक छियासठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अठारह हजार पांच सौ बीस वाहन जब्त किये गये हैं जबकि चार लाख सड़सठ हजार रुपये का जूर्माना वसूला गया है केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है श्री नकवी ने कहा कि इस वर्ष हज के लिए कुल दो लाख तेरह हजार आवेदन प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी श्री नकवी ने बताया कि हज दो हजार उन्नीस में कुल दो लाख भारतीय हज यात्रा पर सउदी अरब गये थे जिनमें से पचास प्रतिशत महिलाएं थीं मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक ट्रफ लाईन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर की ओर जा रही है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं किशनगंज अररिया सुपौल मधेपुरा सहरसा पूर्णियां शिवहर और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है परसों गोपागलंज पूर्वी और पश्चिम चंपारण वैशाली मुजफ्फरपुर और पटना जिले में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है सबसे अधिक किशनगंज जिले के गलगलिया में एक सौ दस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी वहीं सुपौल पटना समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले के कई स्थानों पर तीस मिलीमीटर से नब्बे मिलीमीटर तक बारिश हुई है मौसम विभाग ने पटना वैशाली सुपौल मधुबनी और दरभंगा जिले में अगले दो से तीन घंटों के दौरान गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गंगा गंडक सोन और घाघरा नदी के जलस्तर में बढोतरी की प्रवति देखी जा रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट पर खतरे के निशान को पार कर गयी है आज नदी का जलस्तर बासठ दशमलव दो दो मीटर रिकॉर्ड किया गया है इधर वाल्मिकीनगर गंडक बराज से दो दिन के भीतर दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले में कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है जबकि गंडक बराज के दाहिने तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है इधर नेपाल से अनुमति मिलने के बाद बाढ़ निरोधक कार्य और तटबंधों को मजबूत करने का काम शुरू किया जा रहा है वहीं लगातार बारिश के कारण अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में केसरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है इसके चलते किशनगंज और अररिया को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर आवाजाही ठप हो गयी है अब लोगों को किशनगंज और पश्चिम बंगाल जाने के लिए पूर्णिया के रास्ते जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कटाव निरोधक कार्य और सुरक्षा उपाय प्ररे करने पर जोर दिया है मुख्यमंत्री ने कोसी गंडक कमला बलान नदियों की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की तैयारियों को पूरा करने को कहा इस वर्ष कमला बलान की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों की सुरक्षा स्टील की चादरों से की जा रही है गौरतलब है कि पिछले वर्ष कमला बलान में उफान के कारण मध्रबनी जिले में कई तटबंध और सुरक्षा बांध ध्वस्त हो गये थे जिससे झंझारपुर लखनौर मधेप्र लदनिया और जयनगर जैसे प्रखंडों में भारी तबाही हुई थी बाढ़ के समय बचाव और राहत कार्य में सहयोग के लिए एनडीआरएफ ने अपनी तेरह टीमों को विभिन्न जिलों में तैनात कर दिया है एनडीआरएफ की नौंवी बटालियन के जवान पटना के अलावा कटिहार अररिया सुपौल किशनगंज दरभंगा और मुजफ्फरपुर में तैनात रहेंगे इसके अलावा आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस एनडीआरएफ की टीम गोपालगंज पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण छपरा और बक्सर में भी अभी से ही स्थिति पर नजर रख रही है लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में भोजपुर जिले के शहीद जवान चंदन कुमार के परिजनों से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज मुलाकात की श्री मोदी ने जगदीशपुर स्थित सेना के जवान के पैतृक गांव में जाकर उनके परिवार को राज्य सरकार की सहायता राशि का चेक सौंपा राज्य सरकार ने सेना के हर शहीद जवान के निकटतम आश्रितों के लिए छत्तीस लाख रूपये सहायता के रूप में मंजूर किये हैं

जीईएम पर यह नई सुविधा शुरू होने से पहले अपने उत्पाद अपलोड कर चुके विक्रेताओं को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है कि वे संबंधित उत्पाद के मूल देश का नाम दर्ज कराएं सूचना अपडेट कराने में नाकाम विक्रेता के उत्पाद जीईएम से हटा दिए जाएंगे यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है

श्री पांडेय ने कहा कि अब पटना के आईजीआईएमएस लैब में ही इसकी जांच होगी बक्सर जिले की एक सत्र अदालत ने केन्द्रीय कारा में बंद एक सजायाफ्ता कैदी को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद कारा में रखने पर जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है

जिलाधिकारी ने बताया कि इस काम में नेहरु युवा केन्द्र संगठन भी सहयोग देगा सहरसा जिले के जीविका समूह को सबसे अधिक मास्क उत्पादन करने पर राज्य में पहला स्थान मिला है जिले में नौ लाख से अधिक मास्क जीविका दीदीयों ने तैयार किये हैं समस्तीपुर जिले में स्थानीय लोगों ने आज शहर में सेना के बीस शहीद जवानों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला

पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

राज्य में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौवन हुई

गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान के पार पहुंचा